मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिलों में सल्फरलेस प्लांट का किया लोकार्पण कहा यहां की रिफाइंड चीनी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को मिलेगी नई पहचान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे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 नया संसद भवन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त होगी नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति क्षेत्रीय कला शिल्प वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिलाजुला स्वरूप होगा नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए एक हजार पांच सौ चौरासी करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी है इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी दो हजार बीस से दो हजार तीस तक के लिए बाईस हजार आठ सौ दस करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं बैठक के बाद कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि इस योजना से लगभग अट्ठावन लाख पचास हजार कर्मचारियों को फायदा होगा कैबिनेट ने आत्मनिर्मर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है हमने इस महामारी को कैसे पॉजीटिव बदला जाए इसके हिसाब से काम किया है कोविड महामारी के परिषेक में इस समय आत्मनिर्मर भारत योजना एक तरफ एक नए रोजगार सूजन की और आक्स्यक प्रोत्साहन दे रही है वहीं दूसरी तरफ हमने सीधे उद्योगों के रूप में उनको क्तिय सहायता भी पहुंचाने का काम किया है श्री गंगवार ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार एक अक्तूबर दो हजार बीस से तीस जून दो हजार इक्कीस तक काम पर रखे गए कर्मचारियों को दो साल के लिए सब्सिडी देगी सरकार एक हजार कर्मचारियों की संख्या वाले प्रतिष्ठानों के नए कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के बारह प्रतिशत के अंशदान के साथ साथ कर्मचारियों के हिस्से के बारह प्रतिशत का भी भुगतान करेगी सरकार की ओर से कुल चौबीस प्रतिशत का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि खाते में किया जाएगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस अंशदान को कर्मचारी के आधार नम्बर से जुडे भविष्य निधि खाते में इलेक्ट्रोनिक तरीके से जमा करेगा मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाई फाई सुविधा प्रदान करने के लिए डेटा कार्यालयों के माध्यम से लाइसेंस शुल्क के बिना सार्वजनिक वाई फाई नेटवर्क लगाने को भी मंजूरी दे दी है दूरसंचार और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सार्वजनिक वाई फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी के रूप में जाना जाएगा केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने एक बार फिर सरकार का रूख स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी और कृषि सहकारी विपणन समितियों द्वारा संचालित मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा एक ट्वीट में श्री तोमर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसानों की जमीन नहीं छीन सकता है और ना ही फसल खरीदने वाले किसानों की जमीन में कोई परिवर्तन कर सकते हैं श्री तोमर ने यह भी कहा कि कोई भी ठेकेदार पूरा भुगतान किए बिना अनुबंध खत्म नहीं कर सकता कृषि मंत्री ने कहा कि नए कृषि कानूनों के तहत किसान अपनी फसल उगाने से पहले ही उसके दाम तय कर सकता है उन्होंने कहा कि फसलों के खरीदारों को समय पर भुगतान करना होगा और ऐसा नहीं करने पर ठेकेदारों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पडेगा सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों के आंदोलन को लेकर कई दौर की बातचीत कर चुकी है कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री जावडेकर ने कहा कि किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है और यह संमवत अंतिम दौर में है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर जनपद के पिपराइच और बस्ती के मुंडेरवा में स्थापित चीनी मिल में सल्फरलेस प्लांट का लोकार्पण किया खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री मुंडेरवा नहीं पहुंच सके और उन्होंने मुंडेरवा प्लांट का पिपराइच से ही ऑन लाइन श्मारम्म किया इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल खंड में भी एक सौ उन्नीस चीनी मिलों को चलाकर प्रदेश सरकार ने एक लाख बारह हजार करोड़ रूपये के गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान किया है उन्होंने कहा कि पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिले पहली मिलें है जहां सल्फरलेस चीनी का उत्पादन होगा जिसकी आपूर्ति देश दुनिया के बड़े बड़े होटलों और संस्थानों में जायेगी जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की नई पहचान बनेगी उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने षड्यंत्र के तहत इक्कीस चीनी मिलों को बेच दिया लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो पिपराइच और मुंडेरवा में नई चीनी मिले खोली गई मुंडेरवा प्लांट के शुभारम्भ के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी सिद्वार्थनगर सांसद जगदम्बिका पाल गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा सहित कई विधायकगण और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे प्रदेश सहित देश के नौ राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना लागू करने की प्रक्रिया सम्पन्न कर ली है इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधारों की प्रक्रिया पूरी हो गई है इसके बाद इन राज्यों को तेईस हजार पांच सौ तेईस करोड़ रूपये का अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी गई है ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश गोवा गुजरात हरियाणा कर्नाटक केरल तेलगाना और त्रिपुरा केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था महत्वपूर्ण सुधार है जो खासतौर से अन्य राज्यों में जाकर काम करने वाले कामगारों के लाम के लिए आवश्यक है उन्होंने इस बात पर खुशी प्रकट की कि इसे लागू करने के लिए राज्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के भंडारण के लिये पैंतीस हजार केन्द्र बनाये जायेंगे सरकार ने वैक्सीन भंडारण की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं वैक्सीन की सुरक्षित स्टोरेज के लिये सभी आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं पन्द्रह दिसम्बर तक तैयार करने के निर्देश दिये गये है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता कीः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड टीकाकरण को लेकर की हो रही तैयारी हो के संबंध में कल एक उच्च स्तरीय बैठक की

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार कोविड वैक्सीन के सुरक्षित भंडारण के लिए गंगीरता से काम कर रही है और लोगों को कोरोनावायरस से बचाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के विमिन्न जिलों में कल नव चयनित तीन हजार दो सौ नौ नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र वितरित किये गये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक वर्च्अल कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न जनपदों में क्छ नलक्प ऑपरेटरों के साथ संवाद भी किया और नियुक्ति पत्र वितरित किये इन नलकूप ऑपरेटरों का चयन उत्तर प्रदेश राज्य सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया गया है यह पहली बार है जब नलकूप ऑपरेटरों में पांच सौ सोलह महिलाए का भी चयन किया गया है इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है वर्तमान सरकार ने लगभग चार लाख से अधिक लोगों को राजकीय सेवाओं में योजित किया लगभग पन्द्रह लाख से अधिक लोगों को निजी क्षेत्र में और डेढ़ करोड़ लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया है